पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जनजातीय क्षेत्रों में हुए विकास को कांग्रेस की देन बताया आयकर रिटर्न मामले में मण्डी से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा को राहत मामले में नहीं पाई गई कोई अनियमितता

आज और कल अवकाश के चलते कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया जाएगा

पर्चे भरने के बाद सभी पार्टियों के उम्मीदवार पूरी ताकत के साथ प्रचार कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मण्डी संसदीय क्षेत्र के तहत रामपुर इलाके के ननखड़ी में चुनावी रैली को सम्बोधित किया उन्होंने दावा किया कि देश में इस समय भाजपा की लहर चल रही है और पार्टी एक बार फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी उन्होंने लोगों से पार्टी प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा के पक्ष में मतदान का आग्रह किया सिंघी राम पूर्व कैबिनेट मंत्री सिंघी राम भाजपा में शामिल हो गए हैं उन्होंने आज रामपुर क्षेत्र के ननखड़ी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की रैली में अपने समर्थकों सहित पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया

इधर शिमला में पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि सिंघी राम को पहले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था और उनके भाजपा में जाने से कांग्रेस पार्टी पर कोई असर नहीं होगा

उन्होंने दावा किया कि जनजातीय क्षेत्रों में हुआ विकास कांग्रेस पार्टी की देन है और पूर्व कांग्रेस सरकार ने इन इलाकों में अनेक विकास योजनाएं चलाई वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश की चारों सीटों पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत है और पार्टी ने सशक्त उम्मीदवार उतारे हैं उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा के पक्ष में लोगों से मतदान करने का आग्रह करते हुए दावा किया कि केन्द्र में कांग्रेस के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी

ऊना जिले के कुटलैहड़ क्षेत्र में आज जनसम्पर्क कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा को मिल रहे समर्थन से विपक्षी पार्टियों के हौंसले पस्त हो गए हैं अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल अपनी हार को देखते हुए इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैक होने का नाटक कर रहे हैं सुखविंदर सुक्खू कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह ने भाजपा नेताओं को दूसरों को सलाह देने की बजाए अपनी पार्टी सम्भालने की सलाह दी है हमीरपुर से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस के साथ किसी पद के लिए नहीं जबकि विचारधारा से जुड़े हैं सुखविंदर सिंह ने कहा कि यदि भाजपा नेता सुरेश भारद्वाज कांग्रेस में आना चाहें तो वे आ सकते हैं धुमल भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्मल ने आज हमीरपुर जिले में भोरंज क्षेत्र के अनेक स्थानों पर चुनावी जनसभाएं की

सुरेश कश्यप शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने आज शिमला में जनसम्पर्क अभियान के तहत लोगों से वोट मांगे शिमला में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को वे ईमानदारी से निभाएंगे सुरेश कश्यप ने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र में सड़कों की दशा सुरधारना पर्यटन विकास और सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय दर्जा दिलाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा पिछले पांच वर्ष में करवाए गए अभूतपूर्व विकास को लेकर पार्टी जनता के बीच जा रही है

शिमला में आज एक पत्रकारवार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा में लगातार उन्हें दरकिनार करने की कोशिश की जा रही थी लेकिन वे राजनीति मे रहकर जनता की सेवा करना चाहते थे और ऐसे में उन्होंने अपना प्लेटफार्म बदला है सुरेश चंदेल को कांग्रेस ने चुनावी समिति का प्रदेश सह संयोजक बनाया है

चुनाव आयोग ने इस मामले में कोई अनियमितता नहीं पाई है मण्डी के जिला निर्वाचन अधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि आयकर आयुक्त से मिली जानकारी के अनुसार इसमें कुछ भी गलत नहीं पाया गया है और मामले की पूरी रिपोर्ट मुख्य चुनाव अधिकारी को भेज दी गई है

महिला की पहचान मुम्बई निवासी साराजगे के रूप में की गई इस बीच पहाड़ों पर बर्फ पिघलने के कारण पंडोह बांध में पानी बढ़ गया है और बांध के गेट किसी भी समय खोले जा सकते हैं कांगड़ा जिला प्रशासन ने आस पास के क्षेत्रों के लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है